लोकतंत्र के उत्सव में राज्य के सभी वर्गो के मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया

देश में लोकसभा की बाकी सीटों के लिए चुनाव प्रचार जारी है

यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया के दिन सात मई को श्रद्वालुओं के लिए खोल दिये जाएंगे

उत्तराखंड की सभी पांचों सीटों के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया इसके साथ ही सभी उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का फैसला ईवीएम मशीनों में बंद हो गया अब आगामी तेइस मई को वोटों की गिनती के बाद ही पता चल सकेगा कि कौन इस चुनावी समर में जीत हासिल करता है प्रदेश के लगभग अठहत्तर लाख मतदाताओं ने आज बावन उम्मीदवारों के राजनैतिक भविष्य का फैसला करने के लिए बढ़ चढ़कर मतदान किया अंतिम समाचार मिलने तक राज्य में लगभग साठ प्रतिशत मतदान होने की खबर है चुनाव लड़ने वाले प्रमुख उम्मीदवारों में हरिद्वार से भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक नैनीताल से कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और आरक्षित सीट अल्मोड़ा से भाजपा नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा शामिल हैं

उधर पर्वतीय क्षेत्रों में सुबह मतदान धीमा रहा लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही इसमें तेजी आई

लोकतंत्र के उत्सव में प्रदेश में बुजुर्गों महिलाओं पहली बार मतदाता बने युवाओं और दिव्यांगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की नवरात्र की पूजा चलने के बावजूद लोग सुबह से ही मतदान केंद्रों में पहुंचने लगे पहली बार वोट डालने पहुंचे नये मतदाताओं के लिए यह अनुभव बेहद अच्छा रहा उनका कहना था कि एक एक वोट कीमती है और वोट के जरिए ही युवा देश की दिशा बदल सकते हैं वहीं महिलाएं दिव्यांगजन और बुजुर्ग भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने में पीछे नहीं रहे राजधानी देहरादून में हमारे संवाददाता राघवेश पाण्डेय ने विभिन्न मतदान केंद्रों का दौरा करने के बाद बताया कि सुबह सात बजे मतदान शुरु होने से पहले ही नेहरू कॉलोनी के मानव भारती पब्लिक स्कूल के मतदान केंद्र पर मतदाताओं की लम्बी लाइनें लग गई थीं इस बीच त्यागी रोड स्थित मतदान केंद्र पर भी कुछ ऐसा ही दृश्य दिखाई पड़ा जहां बड़ी संख्या में मतदाता कतारबद्ध खड़े थे

इसी तरह कुछ अन्य मतदान केंद्रों पर भी सुबह से ही मतदाताओं की भीड़ देखने को मिली शहर में सिविल डिफेंस के पदाधिकारी और स्वयंसेवकों के साथ ही वार्डन अलग अलग ब्रथों पर दिव्यांग मतदाताओं की मदद करते दिखाई दिये

सुबह से ही लोग अपने नजदीकी ब्रथ पर जाकर अपना वोट डालने के लिए लाइन में खड़े हो गए थे इन मतदाताओं में युवाओं और महिलाओं के साथ ही वृद्धजन भी शामिल थे सुरक्षा की दृष्टि से हर पोलिंग बूथ पर अर्दध सैनिक बलों के जवानों और पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई अन्य जिलों में भी सात बजे से मतदान केंद्रों में मतदाता पहुंचने लगे थे चुनाव के दौरान कुछ मतदान केंद्रों से ईवीएम खराब होने की खबरें मिलीं लेकिन समय पर इन्हें ठीक करने के बाद वहां मतदान फिर से सुचारू रूप से चलने लगा

वहीं हरिद्वार सीट से भाजपा प्रत्याशी रमेश पोखरियाल निशंक टिहरी सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार प्रीतम सिंह ने देहरादून में अपने मताधिकार का प्रयोग किया गढ़वाल लोकसभा संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी तीरथ सिंह रावत ने अपने गाँव सीरों में और इसी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मनीष खण्ड्ड़ी ने पौड़ी में अपना बोट डाला पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने सेड़िया खाल के मतदान केन्द्र में मतदान किया सन्यासियों के सबसे बड़े जूना अखाड़ा के साधु संतों ने हरिद्वार में मतदान किया योग गुरु स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया आदर्श मतदान केंद्र देहरादून में राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में दिव्यांगों के लिए आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया जहां दिव्यांग मतदाताओं को मतदान के लिए विशेष सुविधाए प्रदान की गई संस्थान के निदेशक नचिकेता राउत ने बताया कि मुख्य द्वार पर दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केंद्र के बारे में जानकारी दी गई जिसकी मदद से दिव्यांग मतदाता मतदान केंद्र तक आसानी से पहुंच गए इसके अलावा अन्य प्रकार के दिव्यांगों जैसे अस्थि दिव्यांग और सुनने और बोलने में असमर्थ लोगों के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए दिव्यांगजनों के लिए ट्राई साइकिल रखी गई जिनसे वे मतदान केंद्र के अंदर आसानी से जा सके यहां पर ब्रेल लिपि में मतपत्र की व्यवस्था भी की गई जिसकी मदद से दृष्टि दिव्यांगों ने अपने मन पसंद उम्मीदवार को मतदान किया

इसकी सहायता से वे आसानी से अपना वोट डाल सके मतदान रुद्रप्रयाग रुद्रप्रयाग जिले के सभी तीन सौ पचपन पोलिंग ब्रथों पर निर्विध्न और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ सुबह से ही निर्वाचन कंट्रोल रूम में अधिकारी व्यवस्थाओं पर नजर बनाये हुए थे साथ ही दुर्गम क्षेत्र के बूथों से जिला निर्वाचन अधिकारी मंगेश घिल्डियाल लगातार संपर्क में थे जिले के सैतीस मतदेय स्थलों की पल पल की सूचना का सीधा प्रसारण वेवकास्ट के जरिये देखा गया इन सैतीस ब्रथों पर एक एक वेवकास्ट कार्मिक की तैनाती की गयी थी जिन्हें मतदेय कक्ष की गतिविधियों के रिकॉडिंग करने का दायित्व सौंपा गया था कलेक्टेट परिसर स्थित एमसीएमसी कक्ष में जिला निर्वाचन अधिकारी ने इन पोलिंग बूथों में चल रही मतदान प्रक्रिया का सीधा प्रसारण देखा

हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरुषों की तुलना में कई मतदान केंद्रों पर महिला मतदाताओं की भागीदारी मतदान में ज्यादा दिखाई पड़ी दिव्यांगजनों के लिए चुनाव आयोग की ओर से की गई विशेष व्यवस्था के परिणामस्वरूप उन्होंने भी बढ़ चढ़कर भागीदारी की एक सौ एक वर्षीय गयाप्रसाद पंचभैया ने बताया कि वे उन्नीस सौ बावन से लगातार मतदान कर रहे हैं उधर बागेश्वर जिले में वृद्वजनों के लिए डोली और व्हीलचेयर की विशेष व्यवस्था की गई थी शारीरिक रूप से चलने में असमर्थ मंतदाताओं को मतदान केंद्र पहुंचाने में एनसीसी कैडेट्स और एन एस एस के स्वयंसेवकों ने अपनी भूमिका निभाई जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने बताया कि भविष्य के मतदाताओं ने मतदान में जरूरतमंदों को सहयोग किया उन्होंने बताया कि जिले में कहीं कहीं ईवीएम मशीन के खराब होने की सूचना मिलते ही वैकल्पिक उपाय तत्काल किये गए जिले में अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार करीब पचास प्रतिशत से अधिक मतदान की खबर है कहीं से किसी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं है

इनमें केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी विजय कुमार सिंह महेश शर्मा सत्यपाल सिंह और हंसराज अहीर शामिल हैं इसके अलावा पूर्व केन्द्रीय मंत्रियों अशोक गजपति राजू हरीश रावत अजीत सिंह संजीव बालियान बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और एम आई एम के नेता असद उद्दीन ओवैसी के भी राजनीतिक भाग्य का फैसला होगा आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री चन्द्रबाबू नायड़ और वाई एस आर कांग्रेस प्रमुख जगन मोहन रेड्डी विधानसभा चुनाव में मैदान में हैं

प्रचार जारी इस बीच देश में लोकसभा की शेष सीटों के लिए चुनाव प्रचार जारी है विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता देश भर में अपनी सभाएं कर रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार के भागलपुर में कहा है कि यदि एनडीए सरकार फिर से चुनी जाती है तो वह छोटे व्यापारियों के लिए राष्ट्रीय व्यापार आयोग का गठन करेगी भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने दार्जिलिंग में एक जनसभा में कहा कि यदि एनडीए सरकार दोबारा आती है तो वह देश भर में राष्ट्रीय नागरिकता कानून लागू करेगी उन्होंने कहा कि गोरखा उपजनजातियों को जनजाति का दर्जा दिया जायेगा बसपा प्रमुख मायावती ने तिरूवनन्तपुरम में जनसभा की इस बीच यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रायबरेली से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है इससे पहले उन्होंने रोड़ शो किया यमुनोत्री कपाट आज मतदान के बीच चारधामों में से एक यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने का शुभ मुहूर्त भी तीर्थ पुरोहितों ने तय कर दिया है इस साल अक्षय तुतीया के दिन सात मई को यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे उसी दिन से चारधाम यात्रा भी शुरू हो जाएगी सात मई को अपराह्न सवा एक बजे यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्वालुओं के दर्शनार्थ खोल दिये जाएंगे आज यमुना जयंती के मौके पर मां यमुना के शीतकालीन प्रवास खरसाली खूशीमठ में तीर्थ पुरोहितों ने श्भ मुहूर्त निकाला मां यमुना की डोली मायके खरसाली गांव से शनि देव की अग्रवाई में यमुनोत्री के लिए रवाना होगी अवैध वस्तुएं बरामद निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद देश भर में तेइस अरब पिचासी करोड़ रूपये मूल्य की अवैध शराब मादक वस्तुएं सोना और बिना हिसाब वाली नकदी बरामद की है सबसे अधिक पांच अरब चौदह करोड़ रूपये मूल्य की सम्पत्ति गुजरात में जब्त की गई इसके बाद चार अरब अड़सठ करोड़ रूपये के साथ तमिलनाडु दूसरे स्थान पर और तीन अरब चौरासी करोड़ रूपये के साथ दिल्ली तीसरे स्थान पर है आंध्र प्रदेश में एक अरब छियानवें करोड़ और पंजाब में एक अरब नवासी करोड़ रूपये की जब्ती की गई